प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय शांति में विश्वास रखते है तथा इसे बढ़ावा देने में प्रतिबद्ध है परन्त् सम्मान से समझौता करके राष्ट्रीय की सम्प्रभुता की कीमत पर यह नहीं हो सकता आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम द्वारा श्री मोदी ने देशवासियों से बातचीत में कहा कि भारत सदा ही शांति के प्रति वचनबद्ध रहा है

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है

प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के महत्व के बारे में बात की उन्होंने कहा कि अक्तूबर महीनें में जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती राजमाता विजयराजे सिधिंया की जन्म शताब्दी और सरदार पटेल की जयंती है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अलग अगल क्षेत्रो पर सशस्त्र बलों ने प्रर्दशनियां लगाई है ताकि देश के अधिक से अधिक नागरिक खासतौर पर यवा पीढ़ी देश की ताकत का अंदाजा लगा सकें

मुख्यमंत्री पलवल जिले के होडल अनाज मंडी में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर व कई अन्य नेता मौजूद थे

म्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकार ने नहरों रजवाहों के सुधारीकरण का कार्य किया है और एसवाईएल के पानी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय मे लड़ाई लड़ी है उन्होंनें कहा कि प्रदेश को अपने हिस्से का पानी अवश्य मिलेगा

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सीमाओं की स्रक्षा को और मजबूत करने के लिए इज़राईल की तर्ज पर इंटिग्रेटिड बार्डर सिकयोरिटी सिस्टम की लगाया जा रहा है

राजनाथ सिंह आज अम्बाला जिले के शहजादप्र में श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी व सांसद रतन लाल कटारिया दवारा आयोजित विकास रैली में बोल रहे थे

गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलकर सता हासिल करने का असफल प्रयास कर रहे है

वितमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा है कि खेल और खिलाड़ी हरियाणा की संस्कृतिका हिस्सा है और खेलों को ऊपर उठाने में सरकार की नीतियों के साथ नौजवानों की मेहनत व जोश का भी योगदान है वितमंत्री आज गोहाना मे जय बालाजी स्पोर्टस अकादमी के उदघाटन पर बोल रहे थे